महिलाओं को कृषि क्षेत्र में लाने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत तीस प्रतिशत से अधिक धनराशि की आवंटित संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा अगले वर्ष मार्च तक डिजिटल कर दी जायेंगी सभी ग्राम पंचायतें

उन्होंने कहा कि इससे बेहतरी के पथ पर अग्रसर वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी नई दिल्ली में कल देश और विदेशों के गैस तथा तेल क्षेत्र के विशेषज्ञों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातवीत में उन्होंने भारत के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत मुरों की ओर ध्यान आकर्षित किया श्री मोदी ने कहा कि उपमोक्ता देशों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण संसाधनों की भारी किल्लत सहित कई अन्य आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए तेल उत्पादक देशों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री ने तेल उत्पादक देशों से अपील की कि वे अपनी निवेश योग्य अतिरिक्त राशि को विकासशील देशों के तेल क्षेत्र में वाणिज्यिक दोहन में लगायें

उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और समी देशों को इस वैश्विक ख़तरे से निपटने के लिए मिलकर तड़ने की ज़रूसत है कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में विश्व को सुरक्षित बनाने और शांति कायम करने में भारत के दृष्टिकोण पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही श्री नायडू ने कहा कि उग्रवाद आतंकवाद साम्प्रदायिकता महिलाओं के प्रति हिंसा और हिंसक व्यवहार के किसी भी स्वरूप के खिलाफ़ ठोस कदम उठाने की जरूरत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के वास्ते वैश्विक ऊर्जा समुदाय के साथ सहभागिता लगातार बनाये रखनी होगी

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि गुजरात के विकास में उत्तर प्रदेश के लोगों का अहम योगदान है श्री रूपानी कल लखनऊ में आयोजित एकता संवाद कार्यक्रम को संवोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गुजरात में किसी भी राज्य विशेषकर उत्तर भारतीयों से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता श्री रूपानी ने गुजरात में हाल में हुई छिटपुट हिंसक घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों में राजनैतिक फायदा लेने के उद्देश्य से उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा को भड़काने का प्रयास किया है लेकिन वहां देश के समी भागों के लोग सुरक्षित हैं और शांतिपूर्वक ढंग से रह रहे हैं श्री रूपानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों के बीच एक विशेष स्नेह का भाव मौजूद है श्री रूपनी ने प्रदेशवासियों को स्टेच् ऑफ़ यूनिटी के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए गुजरात आने का आमंत्रण भी दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी इकतीस अंक्टूबर को सरदार वल्लम भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण करेंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में सुरत अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में रह कर गुजरात के विकास में भागीदारी कर रहे हैं वे वहां न सिर्फ गर्व के साथ अपनी जीविकोपार्जन कस्ते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिकी में भी योगदान कर रहे हैं श्री योगी ने सरदार वल्लम भाई पटेल के व्यक्तित्व का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह आधुनिक भारत के शिल्पी थे अखंड भारत की स्थापना में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता

भारत के एकात्मकता के लिए भारत की अखंडता के लिए आपने देखा होगा

कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि महिलाओं को कृषि की मुख्यवारा में लाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं और विकास गतिविधियों के लिए आवंटित राशि का तीस प्रतिशत से अधिक भाग महिलाओं को दिया है नई दिल्ली में महिला किसान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में लगभग अट्ठारह प्रतिशत किसान परिवारों को महिलायें चलाती हैं नौ राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद द्वारा किए गए शोघ में यह पाया गया कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी पचहत्तर प्रतिशत है बागवानी में यह आंकडा उन्यासी प्रतिशत और पशुपालन मछली उत्पादन में यह आंकडा पन्चानबे प्रतिशत तक है संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल ने देश में सभी ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल व्यक्स्था के जरिये जोड़ने की भारत नेट परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है श्री सिन्हा ने कहा कि इस प्रमुख परियोजना का उद्देश्य बिना किसी मेदमाव के नागरिकों को ई शासन ई स्वास्थ्य ई बैंकिंग और अन्य सेवायें उपलब्ध कराने में मदद करना है श्री सिन्हा ने कल नई दिल्ली में बीबीएनएल के नये कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्कीति पिछले महीने बढ़कर पांच दशमलव एक तीन प्रतिशत पर पहुंच गई खाद्य सामग्री के मूल्यों और पेट्रोल तथा डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सुचकांक पिछले साल अगस्त में चार दशमलव पांव तीन प्रतिशत और सितंबर में तीन दशमलव एक चार प्रतिशत था सरकारी तौर पर जारी किये गए आकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में खाने पीने की वस्तुएं शून्य दशमलव दो एक प्रतिशत महंगी हुई प्रदेश सरकार ने अशोक चक्र कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को दी जाने वाली एकमृत्त और सालाना धनराशि बढ़ा दी है लखनऊ में जारी शासनादेश के अनुसार अशोक चक्र से अलकृत नागरिकों को मिलने वाली रक्म पच्चीस लाख रूपये से बढ़ा कर साढ़े बत्तीस लाख रूपये कर दी गई है और सालाना धनराशि एक लाख छप्पन हजार रूपये कर दी गई है इसी तरह कीर्ति चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को अब एकमुश्त साढ़े उन्नीस लाख रूपये और वार्षिकी एक लाख तीस हजार रूपये मिला करेगा शौर्य चक्र से सम्मानित लोगों को एकमुश्त धनराशि के रूप में तेरह लाख रूपये और वार्षिकी के तौर पर पैंसठ हजार रूपये दिये जायेंगे अयोव्या की धार्मिक गरिमा को और अधिक समृद्धि देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय अयोव्या कला महोत्सव सम्पन्न हो गया इन तीन दिनों में नगर की तकरीबन सौ दीवारों पर विमिन्न राज्यों से आये एक सौ पवास वित्रकारों ने रामायणकालीन दृश्यों को उकेरा इस अवसर पर रामायणकालीन प्रसंगों की आकर्षक और प्रमावशाली चित्रकारी के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ वित्रों को पुरस्कृत किया गया कार्यक्रम में रामजन्य भूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानन्द मुनि भी शामिल हुए प्रदेश भर में दुर्गा पूजा समारोह का उत्साह चरम पर है नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान के सातवें दिन आज माता के कात्ररात्रि स्वरूप की प्जा अर्चना की जा रही है शहरी और ग्रामीण इलाको में पूजा पंडालो में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम जारी है इस बीच देवीपाटन विन्ध्याचल और नैमिषारण्य स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ है जहां ये माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कात्ररात्रि का पूजन अर्चन पूरे मक्तिमाव से कर रहे हैं